कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली सूची का आज भी दिनभर रहा इंतजार अशोक गहलोत और सचिन पायलेट लड़ेंगे चुनाव

इस उपग्रह में पूर्वोत्तर और देश के दूरदराज इलाकों को लेकर उच्च गति से आंकड़ों के हस्तांतरण की क्षमता होगी इस उपग्रह का जीवनकाल दस वर्ष से अधिक होगा जीएसएलवी मार्क थ्री रॉकेट की यह दूसरी परीक्षण उड़ान है

नई दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अषोक गहलोत प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट तथा अन्य नेताओं की मौजूदगी में आज दोपहर नई दिल्ली में श्री मीणा ने कांग्रेस की सदस्यता ली इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि श्री मीणा बिना शर्त कांग्रेस में शामिल हुए हैं और उनके आने से कांग्रेस मजबूत होगी उन्होंने कहा कि पूरे देष में कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं की कतार लगी है इस अवसर पर श्री गहलोत ने स्पष्ट किया कि वे और सचिन पायलट दोनों विधानसभा का चुनाव लडेंगे

इसके कुछ देर बाद भाजपा विधायक हबीबुर्रहमान ने प्रदेष कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर सांसद रघु शर्मा और अन्य नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा उन्होंने बिना शर्त घर वापसी की है

कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हरीष चौधरी ने बाडमेर से विधायक धीरज गुर्जर ने जहाजपुर से भंवरलाल शर्मा ने सरदारषहर से और मांगीलाल गरासिया ने भी नामांकन पत्र जमा कराये भाजपा प्रवक्ता सुधांपु त्रिवेदी ने कांग्रेस की सूची में विलम्ब होने पर चुटकी लेते हुए कहा कि टिकटों का मामला दावेदारी या दावेदारी की हिस्सेदारी में उलझा है

आज सुबह मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रदेष चुनाव प्रभारी प्रकाष जावडेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर सहित सभी बडे नेताओं ने बैठक की इसके बाद ये नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मिले भाजपा नेता किरोडी लाल मीणा भी आज नई दिल्ली में टिकटों को लेकर श्री जावडेकर से मिले भाजपा की दूसरी सूची आज रात तक आने की संभावना है

करौली में आज चुनाव पर्यवेक्षक व्यय एस वेंकटरमणी ने निर्वाचन विभाग के विभिन्न टीमों के साथ बैठक ली

ड्रंगरपुर में मतदाता जागरूकता कोलेकर आज लक्ष्मण मैदान सेस्वीप कार्यक्रम के तहत रैली निकाली गई स्कूली बच्चों ने रैली के माध्यम से शहरवासियों से मतदान की अपील की जिला कलेक्टर राजेन्द्र भट्ट ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया बीकानेर में स्वीप अभियान के तहत आज महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से मेहंदी रंगोली तथा आशु भाषण प्रतियोगिता रखी गई नागौर में सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्काउट गाइड की ओर से मतदान अवश्य करें अभियान शुरू किया गया है

विभाग ने विशेष तौर पर पैसे और शराब बांटने से रोकने के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं इन्हीं टीमों ने आज सीकर जिले में हाईवे पर हरियाणा की एक कार से बड़ी रकम बरामद की है कार का मालिक बरामद राशि के बारे में कोई जवाब नहीं दे पाया फिलहाल इस राशि को जब्त कर लिया गया है

इस अवसर पर स्कूलों और विभिन्न संगठनों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किये गए जयपुर पुलिस आयुक्तालय की ओर से सेंट्रल पार्क में बच्चों के लिये चित्रकला और कार्टून प्रतियोगिता का आयोजन किया गया सवाईमाधोपुर में बाल दिवस पर विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों को राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय का निःशुल्क भ्रमण करवाया गया भरतपुर में केन्द्रीय विद्यालय सहित अन्य विद्यालयों में बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये

कई स्कूलों में बाल मेलों का आयोजन किया गया

जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रचार प्रसार समिति के अध्यक्ष और सांसद डॉ रघु शर्मा और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पं नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी

इस अवसर पर प्रदेशभर में जागरूकता कार्यकम आयोजित किए गए सवाईमाधोपुर में आयोजित सेमिनार में विशेषज्ञों द्वारा बदलती जीवन शैली के साथ युवाओं में बढ़ रहे मधुमेह के आंकड़ों की जानकारी दी गई साथ ही मधुमेह से बचने के बारे में बताया गया इस अवसर पर निःशुल्क मधुमेह जांच शिविर भी आयोजित किया गया

लिपिक ने पट्टा जारी करने की एवज में एक व्यक्ति से ये रिश्वत मांगी थी

नौकायान का शुभारंभ जिला कलेक्टर संदेश नायक और डीएफओ अजीत उचोई ने फीता काटकर किया नेशनल पार्क की छिछली झीलों में आज पर्यटकों ने नावों से भ्रमण कर नजदीक से पक्षियों को निहारा केवलादेव उद्यान में नौकायान शुरू होने से शरद कालीन सीजन में राजस्व बढ़ोत्तरी की आशा है